मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की आंदोलनकारी किसानों से शांति बनाये रखने की अपील

प्रदेश में सर्द हवाओं ने किये ठंड के तेवर तीखे अधिकांश स्थानों पर शीतलहर का असर जारी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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई कोन्द्रीय मंत्री उपस्थित थे गणतंत्र दिवस परेड में सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया भारतीय वायू सेना में हाल ही में शामिल रफाल लडाकू विमान ने अपनी गर्जना से लोगों को मंत्रमुग्ध किया

जोधपुर के उम्मेद राजकीय स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर उपमुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां निकाली गई कोटा में नगरीय विकास मंत्री शांतिधारीवाल उदयपुर में परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास चित्तौडगढ़ में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना दौसा में महिला एवं बालविकास मंत्री ममता भूपेश चूरू में उच्च शिक्षामंत्री भंवर सिंह भाटी और सीकर में शिक्षामंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने झंण्डा फहराया हनुमानगढ़ में राजीव गांधी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस गरीमामयी समारोह के साथ मनाया गया सवाईमाधोपुर मेँ जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों और संस्थानों की ओर से झांकिया निकाली गई जिसमें चिकित्सा विभाग की झांकी अव्वल रही बूंदी के खेल संकुल में हुये मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर ने झंण्डा रोहण किया करौली में भी जिला कलेक्टर ने झंडा फहराया

उन्होंने निर्धारित समय से दो घंटे पहले ही अपनी रैली शुरू कर दी और बैरिकेड तोड़ते हुए दूसरे रास्तों पर निकल गए जिससे पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और राष्ट्रीय राजधानी में कुछ स्थानों पर अफरा तफरी फैल गई पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले मी छोडे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलनकारी किसानों से शांति बनाये रखने की अपील की है राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है

इधर प्रदेश में भी कोरोना संकमण के दैनिक मामलों में कमी लगातार जारी है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बेहतरीन प्रबन्धन हुआ है और टीकाकरण भी सूचारू रूप से जारी है

आज का प्रश्न है लाभार्थी को टीकाकरण के दिन की जानकारी कैसे मिलेगी इसका जवाब है ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी के मोबाइल नम्बर पर एसएमएस भेजकर टीकाकरण के दिन समय और स्थान की जानकारी दी जायेगी

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे एक श्रोता का संदेश हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं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

मृत पक्षियों में मुख्यरूप से कोवे मोर और कबूतर शामिल है

अब उम्मीदवार घर घर जाकर जनसंपर्क करेगे अधिकांश स्थानों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है कुछ स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं राजसमंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर परिषद चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से अपील कर रही है

अधिकांश स्थानों पर शीतलहर चलने से गलन बनी रही कई स्थानों पर देर तक घना कोहरा छाया रहा मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी हवाओं के प्रभाव से भीलवाड़ा अजमेर अलवर पिलानी सीकर चित्तौड़गढ़ उदयपूर श्रीगंगानगर और च्रू में शीतलहर हावी है

जयपुर जिले के जोबनेर में पारा तीसरी बार जमाव बिन्दू पर पहुंच गया सीकर जिले के फतेहपुर में भी पारा जमाव बिन्दू से नीचे रहा

प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर का प्रकोप अगले तीन दिनों तक जारी रहने और राज्य के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाये रहने के आसार है

इस कार्यक्रम के लिये श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

इस दौरान विभिन्न राज्यों और ँकेंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन स्थलों व्यंजनों हस्तशिल्प और अन्य विशिष्टताओं को प्रदर्शित किया जाएगा